शिमला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य सभी घरों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ साथ स्थानीय जल स्त्रोतों के उचित प्रबंधन को बढ़ावा देना है

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने बताया कि लोगों को घरेलू नल कनैक्शन तीन स्तरों पर दिए जाएंगे लॉकडाउन किसान भरमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जियालाल कप्र ने कांगड़ा सोलन और ऊना में फंसे भरमौर व पांगी के लोगों से कर्फ्यू पास के लिए ऑनलाईन आवेदन करने को कहा है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों की घर वापसी के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों को निर्देश भी जारी कर दिए है ताकि लोग अपने कृषि व बागवानी के कार्य समय पर पूरे कर सकें उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में बार बार हो रही बर्फबारी और लॉकडाउन के कारण कई लोग कुल्लू में फंसे हुए है खराब मौसम के चलते रोहतांग दर्रे से बर्फ हटाने के कार्य में बाधा आ रही है और घाटी में मटर सहित अन्य सब्जियों के बीजाई कार्य में भी विलम्ब हो रहा है पूर्व पंचायत समिति सदस्य अनिल सहगल ने कुल्लू में फंसे किसानों को अटल टनल के माध्यम से लाहौल घाटी पहुंचाने का सरकार से आग्रह किया है मास्क कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रयासों में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी बढ़चढ़ कर भाग ले रही है

सूचना प्रसारण मंत्रालय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इलेक्टॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुडे पत्रकारों को समाचारों के संकलन के दौरान कोरोना वायरस से बचने के लिए समुचित एहतियात बरतने की सलाह दी है मंत्रालय ने कहा है कि देश के कई इलाकों में मीडिया कर्मी समाचार संकलन करते समय वायरस की चपेट में आ गए हैं इसमें सभी मीडिया घरानों से बाहर और कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक प्रतिरक्षा उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है

इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर भरपूर देखभाल और अनुकंपा के लिए धरती का आभार व्यक्त किया है ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को ज्यादा स्वच्छ ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा समृद्ध धरती बनाने की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए

प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है